निर्वाचन आयोग जल्द ही उन्हें नोटिस भेजेगा

आयोग ने यह रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है

मतदान सामग्री वापसी प्रदेश में कल मतदान के संपन्न होने के बाद कई स्थानों पर देर रात तक मतदान सामग्री वापसी का कार्य चलता रहा रतलाम जिले के पांच हजार से अधिक कर्मचारी रात भर जाग कर ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रुम में रखने से पहले की प्रक्रिया पूरी करने की मशक्कत में लगे हुए थे साईस कॉलेज के मैदान पर रातभर लोगों का जमावडा लगा रहा इनमें निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी मतदान केन्द्रों पर भेजे गए मतदान दल सुरक्षा कर्मी मतदान दलों को ले जाने वाले वाहनों के चालक आदि शामिल थे शहर के मतदान दल तो जल्दी ही साईस कालेज पहुंच गए लेकिन जिले के जावरा आलोट बाजना जैसे दूरस्थ स्थानों से मतदान दलों के आने का सिलसिला देर रात तक चल रहा था मतदान सामग्री जमा होने और समस्त इवीएम मशीनों को स्ट्रांग रुम में जमा करने तक जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी माल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहकर सामग्री वापसी कार्य की मानीटरिंग करते रहे इकसे साथ ही जिले में निर्वाचन कार्य हेतु तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र के मतदान दलों के साथ सामग्री वापसी में सहयोग करते नजर आए ईव्हीएम को अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया

लगभग एक पखवाड़े तक चले राजनेताओं के चुनाव प्रचार के बावजूद मतदाताओं का मौन और राज्य की पंद्रह वर्ष पुरानी भाजपा सरकार के खिलाफ कथित असंतोष और सत्ताविरोधी रूझान को लेकर अंडर करंट जैसी खबरों के बीच रिकार्ड मतदान को कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ तो भाजपा नेता अपनी ही सरकार में पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं

इस बार भी ज्यादा मत डाले गए और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल भाजपा को मिलेगा उधर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि यह रिकार्ड मतदान राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ है

किसान भी परेशान है वहीं मोदी सरकार की नीतियों के कारण काम धंधे चौपट हो गए हैं रक्षा पेंशन भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं की पेंशन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिये ग्वालियर चम्बल संभाग के भूतपूर्व सैनिकों के लिये ग्वालियर के मुरार कैंट में रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया गया

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं शिकायत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने ईवीएम के संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए कुछ केन्द्रों पर पुर्नमतदान की मांग की है भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से कहा है कि कुछ स्थानों पर मशीन खोलने में मतदान दलों को समस्याएं आई थी जिसके कारण मतदान प्रकिया देर से शुरू हुई इससे नाराज होकार अधिकांश मतदाता बिना मतदान किये ही चले गये पार्टी ने कहा है कि सतना जिले में मतदान प्रकिया लंबे समय तक बाधित रही जिसके कारण वहां दोबारा मतदान कराये जाने की जरूरत है भाजपा ने भिंड ने असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है और पुर्नमतदान की मांग की है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम खराब होने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि ईवीएम खराब और बंद होने से मतदान प्रभावित हुआ है मतदान खत्म होने के बाद श्री नाथ ने एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि हर जिले से ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली हैं उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों पर ईवीएम की खराबी से मतदान तीन घण्टे से अधिक रुका रहा वहां पर पुनर्मतदान कराया जाये नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी निर्वाचन आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेने की मांग की है

इसका विषय है नए अपराधों की जांच में पुलिस की क्षमता का विस्तार सीबीआई के पूर्व निदेशक डी आर कार्तिकेयन ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि नये अपराधों के युग में पुलिस जांच की क्षमता का विस्तार समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं श्री कार्तिकेयन ने कहा कि ऐसे अपराधों से निपटने वाली जांच एजेंसियां को एक दूसरे के साथ बेहतर सहयोग करना चाहिए

नगर पालिका परिषद धनपुरी उमरिया अनूपपुर और नगर परिषद नरवर साँची चुरहट और भैंसदेही में आम निर्वाचन प्रस्तावित हैं

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रशिक्षण एक दिसम्बर को होगा

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है

वित्त मंत्रालय के अनुसार अंतरिम बजट तैयार करने का काम शुरू हो गया है मंत्रालय ने पिछले महीने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी इसके लिए इस्पात बिजली आवास और शहरी विकास मंत्रालयों के बीच बैठकें आयोजित की गई ताकि चालू वर्ष के लिए संशोधित व्यूय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानों पर विचार किया जा सके

भाषा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय भाषाओं की जानकारी के साथ साथ भाषायी सहिष्णुता और आदर तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाषा संगम के बारे में अपने ट्विटर एकाउंट पर हाल में एक वीडियो शामिल किया

प्रवेश पत्र वेबसाइट अपलोड कर दिये गये हैं

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे ऐसे ग्राहकों की सेवा बंद ना करें

एक निजी एयरलाइंस ने भोपाल हैदराबाद सेवा के लिए बुकिंग की शुरूआत कर दी है

पूल ए में अर्जेटीना का सामना स्पेन से होगा दूसरा मैच न्यूजीलैंड और फ्रांस के बीच खेला जाएगा